इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हुआ जिस पर करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को पांच लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है बीमा की राशि का भुगतान सरकार करती है एक साल में पात्र लाभार्थियों को दस करोड़ से अधिक ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं इस अवसर पर धार बैतूल सहित कई जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं

गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बताया कि पहली बार जनगणना को हर व्यक्ति के विकास का आधार बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि जनगणना के कार्य में मोबाइल एप इस्तेमाल किए जाएंगे और पहली बार सरकार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर तैयार करेगी

इसी के साथ यहां नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रकिया भी शुरू हो गई है

बाढ़ दौरा मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मंदसौर और नीमच जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कुंकडेश्वर में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कल रामपुरा आएंगे इस दौरान वे नयागांव में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे उधर श्योपुर जिले में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है विशेष ट्रेन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज सुबह भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से बिहार के गया तीर्थ के लिये मुख्यमन्त्री तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया